आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में भारतीय उत्पादों को अधिकाधिक पसन्द किया जा रहा है और अनेक ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें वैश्विक बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि लम्बे समय से खादी सादगी का प्रतीक बनी रही लेकिन अब इसे पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में पहचान मिली है उन्होंने कहा कि खादी हर मौसम में हमारे शरीर के अनुकूल है और अब यह फैशन का भी एक हिस्सा बन गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज न केवल खादी की लोकप्रियता बढ़ी है बल्कि दुनिया में कई स्थानों पर खादी बनाई भी जा रही है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं विजयदशमी विजयदशमी पर्व आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है यह पर्व बुराई पर अच्छाई अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है कुल्लू दशहरा इस बीच सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू हो गया है कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरा सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है उत्सव के शुभारम्भ पर आज भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर विधायक सुंदर ठाकुर सहित वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले में कुटलैहड़ क्षेत्र की दोबड़ कुशियाला सम्पर्क सड़क का आज भूमिपूजन किया

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि कुटलैहड़ की पर्यटन मानचित्र पर अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में सड़कों के जाल को सुदृढ़ किया जा रहा है

इसकी मंजूरी मिलने पर इन सड़कों का कार्य शुरू कर दिया जाएगा राजिन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश का बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास सुनिश्चित बना रही है घुमारवीं क्षेत्र की बम्म पंचायत में आज जन समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों बागवानों और युवाओं के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर नई राजनीतिक व प्रशासनिक संस्कृति को स्थापित किया है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये योजना रेहड़ी फड़ी का कार्य करने वाले गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है